उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्यप्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों के लिए मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक रैलियां और रोडशो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कमलडांगा में चुनावी सभा में कहा कि देश की जनता केंद्र में मजबूत सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाने जा रही है उन्होंने पुरूलिया में भी जनसभा को संबोधित किया उधर कांग्रेस अध्ययक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के सिरसा की चुनावी सभा में भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी देश के किसानों और युवाओं के लिए काम करेगी इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जगह जगह चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया

इस मौके पर श्रद्वालुओं ने बाबा केदारनाथ के जयकारे लगाकर पूरी केदारघाटी को भक्तिमय कर दिया राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी आज बाबा केदार के दर्शन किये इस अवसर पर उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं की सराहना की कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह चार बजे से शुरू हो गयी थी दक्षिण द्वार पर केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग केदारनाथ के पुजारी केदार लिंग और वेदपाठियों ने कपाट खुलने की रस्मों को विधि विधान से पूरा किया उसके बाद दक्षिण द्वार से रावल पुजारी समेत अन्य लोगों ने भीतर प्रवेश किया विधि विधान से पूजा के बाद मंदिर के कपाट सुबह ठीक पांच बजकर पैंतीस मिनट पर खोल दिये गए कपाट खुलने के अवसर पर सूबेदार शशिधर के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर लाइट इंफेंटरी के बैंड की धुनों ने समा बांध दिया हर हर महादेव और जय केदार के जयकारों से संपूर्ण केदारनगरी गुंजायमान हो गयी श्रद्दालु बाबा केदार के दर्शन पाकर खासे खुश नजर आ रहे हैं

उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्दालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े

जहां पुलिस एसडीआरएफ एनडीआरफ को तैनात किया गया है वहीं स्वास्थ्य विभाग की खास टीम के साथ ही रुद्रपुयाग जिला प्रशासन की ओर से भी एक क्वीक एक्शन टीम को तैनात किया गया है केदानाथ धाम में बर्फ होने के कारण वहां रुकने वाले यात्रियों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं जिलाधिकारी मंगेश धिल्ड़ियाल ने बताया कि केदानाथ में डेढ़ सौ स्थानीय युवाओं को टेंट लगाने की अनुमति दी गई है साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम को भी टेंट लगाने के लिए कहा गया है रात को ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है स्लग बदरीनाथ कपाट यमुनोत्री गंगोत्री और आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ ही कल यानि शुक्रवार को भगवान बदरी विशाल के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इस तरह विश्व प्रसिद्ध चारों धामों के कपाट श्रद्वालुओं के लिए खुल जाएंगे बदरीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी वहां मौजूद रहेंगी

इस बीच आज योगध्यान बदरी मंदिर पांडुकेश्वर से गाडू घड़ा सहित आदि गुरू शंकराचार्य की गद्दी उद्धव और कुंबेर जी के साथ रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी और बड़ी संख्या में श्रद्वाल् श्री बदरीनाथ धाम पहुंच गए हैं बदरीनाथ धाम को फूलों से भव्य ढंग से सजाया गया है विधि विधान से पूजा करने के बाद कपाट खोले जाएंगे और उसके बाद भगवान बदरीनाथ जी के दर्शन श्रद्धालुओं को होंगे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहले ही बदरीनाथ धाम पहुंच चुकी हैं

चारधाम यात्रा में जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने का काम तेज हो गया है हरिद्वार में ग्रीन कार्ड बनाने के लिए एआरटीओ कार्यालय में वाहनों का जमावड़ा लग रहा है एआरटीओ प्रशासन शैलेश तिवारी का कहना है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाये जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि ग्रीन कार्ड उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो मानक प्रे कर रहे हैं अनफिट वाहनों को किसी भी हाल में चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा स्लग कार्यशाला पंतनगर भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष डॉ एआर पाठक ने कहा है कि कृषि शिक्षा में व्यापक बदलाव की जरूरत है शिक्षा तकनीक और परिस्थितियों में व्यापक बदलाव करके ही किसानों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है गोबिंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में भारतीय कृ षि विश्वविद्यालय संघ कार्यशाला के शुभारंभ पर उन्होंने यह बात कही कार्यशाला का विषय कृषि विश्वविद्यालय शासन प्रणाली परिवर्तन और चुनौतियों की प्रेरक शक्ति है कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों और राज्यों में कृषि अनुसंधान शिक्षा और प्रसार को बढ़ावा देना है जिससे देश में ग्रामीण विकास हो और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच संचार समन्वयक और परामर्श का सामंजस्य स्थापित हो

स्लग कुमाऊं आयुक्त कुमाऊं मंडल आयुक्त राजीव रौतेला ने बिना नक्शा पास किए प्रत्येक अवैध निर्माण कार्य को सील और ध्वस्त करने के निर्देश दिये हैं श्री रौतेला ने कुमाऊं मंडल के सभी जनपदों में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य की पूरी जिम्मेदारी संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक की होगी कुमाऊं आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक उपजिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्य पर कार्रवाई करेंगे और इसकी सूचना हफ्तेभर में उपलब्ध कराएंगे जिस भी खंड स्तर से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होगी उनका मई का वेतन रोक दिया जाएगा उन्होंने विकास प्राधिकरण कार्यालयों द्वारा प्रभावी ढंग से कार्य न किए जाने और निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की

हरिद्वार स्थित जूना अखाड़े में आयोजित संत समाज की बैठक में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरी गिरि महाराज ने कहा कि हरिद्वार में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है जिसके कारण यहां हर दिन जाम लगा रहता है

स्लग पलायन उत्तरकाशी उत्तरकाशी के गांवों से हो रहे पलायन का वास्तविक डाटा सर्वे कराया जाएगा ताकि पलायन रोकने के कारगर उपाय किये जा सके

उन्होंने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सर्वे रिपोर्ट पर असंतुष्टि जाहिर करते हुए दोबारा खुद चिन्हित गांवों में जाकर लोगों से बातचीत के जरिए रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं जिलाधिकारी ने कहा कि पलायन के वास्तविक कारणों का पता लगाकर उन्हें कृषि उद्यान मनरेगा स्वस्थ शिक्षा और अन्य सुविधाएं मुहैया कराया जाएगा साथ ही उनकी आर्थिक रिथति को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जाएगा

देहरादून में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए महाराणा प्रताप का योगदान काफी महत्वपूर्ण है इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया कार्यक्रम में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट और शहीद मोहन लाल रतूड़ी के परिजनों को सम्मानित भी किया गया